धर्मशाला व पच्छाद उपच्नाव के लिए भाजपा ने घोषित किए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन शारदीय नवरात्र आज से शुरू शक्तिपीठों में लगा श्रद्दालूओं का तांता

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए लोगों से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और तंबाकू छोड़ने की अपील की है

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार गांधी जयंती पर देशभर में फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करेगी जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का ये एक अनूठा अभ्यास रहेगा उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने का एक अभिनव अभ्यास बताया

उन्होंने कहा कि ई सिगरेट में अनेक हानिकारक रसायन होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है

प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का प्रयोग करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला के समीप घनाहट्टी में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश के लोगों विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को मजबूत और गतिशील नेतृत्व मिला है मुख्यमंत्री ने लोगों को नवरात्र उत्सव की श्भकामनाएं भी दीं प्रतिक्रिया सोलन में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों ने कहा कि इसके माध्यम से उन्हें बेहद रोचक व अच्छी जानकारी मिलती है लोगों का कहना था कि वे पहली कड़ी से लेकर मन की बात कार्यक्रम निरंतर सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का वे जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करते हैं

धर्मशाला से विशाल नेहरिया जबकि पच्छाद से रीना कश्यप को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस ने पिछले कल ही दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी पार्टी ने धर्मशाला से विजय इंद्र करण और पच्छाद से गंगू राम मुसाफिर को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है

राज्यपाल ने इस उपलक्ष्य में लोगों विशेषकर सिख समुदाय को बधाई दी उन्होंने कहा कि श्री गुरू नानक देव जी के उपदेश और शिक्षाएं अमर वाणी बनकर हमारे बीच उपलब्ध हैं जो हमें जीवन में उच्च आदर्शो के लिए प्रेरित करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि श्री गुरू नानक देव ने अपने आप को केवल एक धर्म तक ही सीमित न रखकर सभी धर्मों की अच्छी शिक्षाओं को भी अपनाया

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबी डीटी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है नवरात्रे शारदीय नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां दर्गा के पांच प्रसिद्ध शक्तिपीठों चामुंडा देवी ज्वालामुखी बजेश्वरी देवी चिंतपूर्णी और नयना देवी में नवरात्र पर्व को लेकर विशेष पूजा अर्चना व हवन यज्ञ चल रहे हैं तथा मां दुर्गा के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है इस अवसर पर शक्तिपीठों व मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नवरात्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की अलर्ट केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकी हमलों की सूचना के बाद प्रदेश में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है इसके चलते चम्बा के अति संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों में पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ा दी गई है उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के अनुसार वाहनों सहित अन्य संदिग्ध लोगों की निरंतर चैकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि पार्टी धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव नई ऊर्जा के साथ लड़ेगी उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में कांग्रेस को मज़बूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों में चुनाव के लिए समितियां गठित की गई हैं जो कल नामांकन के बाद अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव संबंधी कार्यों में जुट जाएंगी शहीद भूटान में हैलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए पालमपुर के लैफ्टिनेंट कर्नल रजनीश परमार का आज उनके पैतृक गांव ननाओं में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद रजनीश परमार को अंतिम विदाई दी इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला आज भी रूक रूक कर जारी है इससे जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है वहीं तापमान में भी कमी आई है

पर्यटन नगरी मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात के चलते घाटी में ठण्ड बढ़ गई है अनेक भागों में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के चलते प्रदेश के निचले क्षेत्रों में मक्की की फसल को भी नुकसान हुआ है मौसम विभाग ने दो अक्तूबर तक प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने युवाओं से अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया है